प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिये काम करने की जरूरत पर जोर दिया है श्री मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में दो दिन के राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उदघाटन किया

श्री मोदी ने कहा कि अब यह पता लगाने की आवश्यकता है कि किन किन क्षेत्रों में इन जिलों की स्थिति सुधारी जानी चाहिए

इन क्षेत्रों का विकास सामाजिक न्याय का काम है अगर उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हुआ मतलब अपने आप वो सामाजिक न्याय का हब बन ही जाएगा अगर सब बच्चों को शिक्षा मिलती है हमारे क्षेत्र में इसका मतलब सामाजिक न्याय का एक कदम हुआ

प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्बद्ध पक्ष एक बार इन जिलों के किसी एक पहलू में परिवर्तन लाने का फैसला करते हैं तो अन्य कमियों को दूर करने की रफ्तार तेज हो जाएगी

इससे पहले लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सांसदों और विधायकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और सहयोग दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय रहा है आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही

हम दो समृद्ध और समर्थ विरासतों के उत्तराधिकारी भी हैं हमारी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप भले ही बीस साल पुरानी हो हमारे देशों और हमारी सभ्यताओं की स्पिरिटयूअल पार्टनरशिप सदियों लंबी है

मीडिया से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि फ्रांस और भारत के बीच रक्षा सुरक्षा अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग का बहत लम्बा इतिहास है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने आतंकवाद को शांति के लिए बड़ा खतरा बताया और कहा कि समूचे विश्व में शांति को बढ़ावा देना जरूरी है उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वह इस मामले में फ्रांस का प्रमुख सहयोगी बने केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने केन्द्रीय पुलिस बलों को महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है जिससे कि महिलाओं को इन बलों में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने का लक्ष्य पूरा किया जा सके श्री सिंह ने गाजियाबाद में आज केन्द्रीय और औद्योगिक सुरक्षा बल के उन्चासवें स्थापना दिवस समारोह में भव्य परेड का निरीक्षण करने के बाद कहा कि बल को साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा योजना को मजबूत करने की जरूरत है उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय में हाल ही में साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग का गठन किया गया है

राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि सूचना के अधिकार कानून का उपयोग निहित स्वार्थ के लिए न करके जनता के लाभ के लिए होना चाहिए लखनऊ स्थित आंचलिक विज्ञान केन्द्र में आज सूचना का अधिकार क्रियान्वयन समस्या और समाधान विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी का उद्घाटन करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि सूचना के अधिकार की पूरी जानकारी रखते हुए इसके दायरे में आने वाली सूचना सही ढंग से प्राप्त को जाये ताकि समस्या का समाधान सही दिशा में हो सके उन्होंने सूचना का अधिकार कार्य देखने वाले अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिये जाने की भी बात कही

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का सशक्त स्तम्भ है तथा प्रजातंत्र की सफलता एक सुदृढ़ न्यायपालिका पर निर्भर करती है आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के इकतालीसवें दो दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि समतामूलक शासन और विधि क शासन की स्थापना में न्यायपालिका की अहम भूमिका है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार न्यायपालिका को सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है और हमारी सरकार का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त कराना है सरकार के द्वारा न्यायपालिका को सशक्त करने के लिए किये गये विभिन्न प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को बेहतर अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें ताकि लोगों को त्वरित न्याय सुलभ कराने में और भी आसानी हो बाइट राज्य सरकार का प्रयास है कि न्यायिक अधिकारियों को बेहतर और व्यवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये ताकि प्रदेशवासियों को त्वरित न्याय सुलभ कराने में और भी आसानी हो प्रदेश भर से आये आप सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारियों से मेरी अपील है कि आप सभी न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की भारी संख्या को कम करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने जो अपील आपके सम्मुख की है इसको प्रभावी बनाने की ओर से अपनी ओर स एक सार्थक पहल करे और मैं मानता हूं ये सम्भव है जिस भी प्रकार के प्रस्ताव न्यायपालिका के स्तर से हमारे पास आयेंगे राज्य सरकार उसे पूरी संवेदना के साथ संवेदनशीलता के साथ कदम उठाते हुए भरपूर सहयोग करेंगे इस अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोंसले ने कहा कि उच्च न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए निचली अदालतों का मजबूत होना आवश्यक है न्यायमूर्ति भोंसले ने कहा कि लोग न्यायालय में आशा और विश्वास के साथ आते हैं इस आशा और विश्वास को कायम रखना हमारा कर्तव्य है उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में सुधार के लिए न्याय पालिका और सरकार को मिल कर कार्य करना होगा इस अवसर पर राज्य के विधि मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना हमारी सरकार का लक्ष्य है जिसके लिए अनेक पयास किये जा रहे हैं तथा लोक अदालत की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है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

प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जायेंगे इन दोनों सीटा पर स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरो कर ली गई है निर्वाचन आयोग के अनुसार पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा बल मतदान स्थलों पर पहुंच गये हैं

गोरखपुर लोकसभा सीट पर कुल चौदह लाख उन्चास हजार दो सौ चौरासी मतदाता है जिनमें से दस लाख बहत्तर हजार एक सौ इक्यानावें पुरूष और तीन लाख छिहत्तर हजार चार सौ सैंतीस महिला तथा तीन सौ छप्पन थर्ड जेंडर मतदाता है इस सीट पर मतदान के लिए दो हजार एक सौ इकतालीस पोलिंग बूथ बनाये गये हैं वहीं फूलपुर लोकसभा सीट पर उन्नीस लाख इकसठ हजार चार सौ बहत्तर मतदाता है इनमें दस लाख से अधिक पुरूष तथा लगभग नौ लाख महिला और एक सौ अट्ठानवें थर्ड जेंडर मतदाता है इस सीट के लिए दो हजार एक सौ चौव्वन मतदान केन्द्र बनाये गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट से बाईस उम्मीदवार और गोरखपुर लोकसभा सीट से दस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की साठ कम्पनी के साथ राज्य पुलिस और पीएसी को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है

गोरखपुर संसदीय सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फूलपुर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई सीटों पर उप चुनाव हो रहे हैं

सरकार ने देश छोड़कर भागने वालों के खिलाफ तेजी के कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये पचास करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए पासपोर्ट का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है